मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग को किया खारिज कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का किया दावा

इसरो पटना में खोलेगा अनुसंधान केंद्र

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जाना गलत है पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश में चुनाव मतपत्र के माध्यम से नहीं बल्कि ईवीएम से ही कराये जायेंगे श्री अरोड़ा ने कहा कि वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुये जहां अलग अलग परिणाम मिले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से तकनीकी तौर पर द्रुस्त है और इसमें छेड़छाड़ किया जाना असंभव है श्री अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम में खराबी आना और इसमें छेड़छाड़ किया जाना दो अलग अलग बातें हैं इन्हें मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में श्री अरोड़ा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बिहार में एक चरण में चुनाव कराना संभव नहीं है उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिये हर संभव उपाय किये जायेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है उन्होंने किसानों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि यदि किसी किसान को यूरिया प्राप्त करने में परेशानी हो रही है तो वे किसान निदेशालय के नियंत्रण कक्ष के दरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो एक सात एक शून्य तीन पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं भारतीय अंतरिक्ष अन्संधान संगठन इसरो पटना में अन्संधान केंद्र खोलेगा इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसके अलावा गुवाहाटी कन्याकुमारी वाराणसी जयपुर और कुरूक्षेत्र में भी ऐसे केंद्र खोले जायेंगे इन केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्रों को उपग्रह बनाने और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा श्री सिवन ने बताया कि इसके लिये राज्य सरकार से बातचीत अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि इस कदम से इसरो का विस्तार पूरे देश में हो सकेगा केंद्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने को असंवैधानिक बताने पर राजद की आलोचना की है श्री पासवान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में सामान्य वर्ग के लिये आरक्षण के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था लेकिन संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं हुआ था इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था इस बार सरकार ने संविधान संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी है जिस कारण सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रावधान को खत्म नहीं कर सकता है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि आरा सासाराम रेलखंड का विद्युतीकरण किया जायेगा आरा में एक समारोह को संबोधित करते हुये श्री सिंह ने कहा कि सरकार यातायात व्यवस्था से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के विकास पर लगातार काम कर रही है उन्होंने बताया कि आरा सासाराम और आरा मोहनिया फोरलेन रोड के सर्वे का काम भी जल्द ही शुरू होगा भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे किशनगंज जिले के श्रीपुर में बीएसएफ के जवानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया बीएसएफ के डीआईजी अमृत लाल तिर्की ने बताया कि भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे तस्कर को रोकने पहुंचे बीएसएफ के जवान पर उसने फायरिंग कर दी जवाबी कार्रवाई में तस्कर मारा गया एएनएम कर्मियों ने अपना हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है हड़ताली कर्मियों के संघ की राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के साथ हुयी बैठक में इस आशय का फैसला किया गया बैठक में एएनएम के बकाये वेतन का भूगतान जल्द करने पर सहमति बनी है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को हड़ताल के बयालीस दिनों के मानदेय का भूगतान नहीं किया जायेगा राज्य में नो वर्क नो पे नियम लागू होने के कारण समाज कल्याण विभाग ने यह निर्णय लिया है सीबीआई ने अररिया और मधेपुरा दो आश्रय गृहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है अररिया में सरकार द्वारा संचालित बाल सुधार गृह की सुरक्षा में तैनात बिहार पूलिस के जवान वीर बहादुर सिंह को मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब तक सीबीआई दस आश्रय गृहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीआईएसएस की रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी बारह और सुधार गृहों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रही है नालंदा जिले के प्रसिद्ध सिलाव खाजा को जीआई टैग मिल गया है यह बिहार की पहली मिठाई है जिसे जीआई टैग मिला है अब सिलाव के खाजा उत्पादक जीआई टैग अपने उत्पाद पर लगाकर बिक्री कर सकेंगे यह टैग प्रमाणित करता है कि सिलाव में बनने वाला खाजा अपनी गुणवत्ता और विशिष्टताओं के कारण अनूठा है इस स्थान के अलावा कहीं और इस उत्पाद की बिक्री सिलाव खाजे के रूप में नहीं की जा सकती है केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह आज पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी स्थित मठ बनवारी में मदर डेयरी के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष दिलिप रथ ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस संयंत्र की स्थापना से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों और किसानों को काफी लाभ होगा पटना विश्वविद्यालय के कल होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल होंगे समारोह में विभिन्न संकायों के अड़तीस टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा इसमें तेईस छात्राएं शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी दूर्गेश नंदन के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है दूर्गेश नंदन का गुरुवार को राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र के तेलियाडीह गांव के ढपरी मोड़ पर अपराधियों ने देर शाम दो लोगों की हत्या कर दी पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने कार पर पहले बम फेंका और बाद में गोलियां चलाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है पटना जिले के खिड़ी मोड़ थाना क्षेत्र के कोडिहरा गांव से पुलिस ने छह नक्सलियों को गिरफ्तार किया है वहीं भगवानगंज थाना क्षेत्र से एक नक्सली की गिरफ्तारी हुयी है गिरफ्तार नक्सलियों की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी मधुबनी जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में अभियुक्त मोहम्मद तबरेज को मृत्यु तक उम्रकैद की सजा सुनायी है दानापुर रेलमंडल के किउल स्टेशन पर एक ट्रेन से पुलिस ने एक दर्जन अर्द्वनिर्मित पिस्तौल बरामद की है वहीं लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव से पूलिस ने हथियार तस्कर पंचम सिंह समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव से बिहार पुलिस के जवान उदय रजक को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है पटना जिले के राजीवनगर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर स्थित एक निजी बैंक में पिछले दिनों हुयी डकैती के मामले में पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है नालंदा जिले के बिहारशरीफ थाना क्षेत्र के मोहद्दीनगर अम्बेर मोहल्ला में डकैतों ने एक घर में डाका डालकर बीस लाख रूपये की संपत्ति लूट ली अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां चुनाव आयोग की टीम के पटना दौरे से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा बोले बैलेट की ओर लौटने का सवाल नहीं प्रभात खबर की सुर्खी है ईवीएम से छेड़छाड़ नामुमकिन इसे पार्टियां फुटबॉल न बनाये दैनिक भास्कर ने लिखा है मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव का एलान संभव दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है भारत को शीर्ष पचास देशों की सूची में लायेंगे राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पीएम मोदी करेंगे मढ़ौरा रेल फैक्ट्री का उदघाटन आज ने वन डे सीरिज में आस्ट्रेलिया पर भारत की जीत से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है आस्ट्रेलिया की धरती पर भारत का विराट कारनामा कैमूर में छात्रा की हत्या के विरोध में उग्र भीड़ द्वारा रामगढ़ थाने को फूंके जाने की खबर भी अखबारों की प्रमुख सुर्खी है

मतपत्रों से चुनाव करवाने की मांग को किया खारिज कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का किया दावा

इसरो पटना में खोलेगा अनुसंधान केंद्र